मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्व है और प्रदेश पुलिस समी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर रही है श्री योगी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी तरह के उकसावे में न आने की अपील की साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस को नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह और हिंसा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है श्री योगी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचने वाले उपद्रवी तत्वों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के रवैये को अत्यंत दर्भाग्यपूर्ण बताया है उन्होंने आरोप लगाया कि विफ्की दल अपने हितों के लिए नागरिकता संशोधन कानुन के बारे में लगातार जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं श्री योगी ने एक बार फिर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी जाति मत मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि यह प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देता है इस बीच पुलिस प्रशासन नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है पुलिस सुत्रों ने बताया कि सुरक्षाबल संवेदनशील स्थानों पर गस्त लगा रहे हैं पिछले दो दिनों से चले प्रदर्शन के दौरान हिंसक घटनाओं में शामिल लोगों की सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहचान की जा रही है इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है राज्य के पुलिस महानिदशक ओपीसिंह ने कहा है कि जांच चल रही है उन्होंने कहा कि किसी भी बेगुनाह को तंग नहीं किया जाएगा और दोषियों को छोडा नहीं जाएगा प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इनटैनसिफाई कर रखा है शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं उनको संपर्क कर रहे हैं उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाये रखने में वो हमारी मदद करें प्रदेश सरकार के आदेश पर आज राज्य में समी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय बन्द रहे कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यू पी टीईटी स्थगित कर दी गई है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी लोगों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक का हित प्रभावित नहीं होगा उन्होंने लोगों से अपील की कि वे नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में किए जा रहे द्वष्प्रचार से प्रभावित न हो और अफवाहों पर ध्यान न दें उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया सरकार ने अगले पांच वर्ष में देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फैसला किया है हुनर हाट का उद्देश्य दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आगामी दिनों में नई दिल्ली बेंगलुरू चेन्नई लखनऊ कोलकाता देहरादून पटना इंदौर और अन्य स्थानों पर हनर हाट आयोजित किए जाएंगे देश के विभिन्न भागों में एक सौ हनर केन्द्रों की मंजरी दी गयी है जिनमें दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है पिछले दो वर्ष में हनर हाट के जरिए दो लाख पैसठ हजार से अधिक दस्तकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं पहला हनर हाट इस वर्ष अगस्त सितम्बर में जयप्र में आयोजित किया गया था इसके बाद देश के विभिन्न भागों में अनेक हनर हाट आयोजित किए गए पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी और शीतलहर के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह कोहरा छाया रहा लेकिन दिन में हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से कृछ राहत मिली मौसम विमाग के अनुसार ठंड के कम होने के अभी कोई आसार नहीं है गोरखपुर वाराणसी फैजाबाद लखनऊ में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है पिछले चौबीस घंटों में राज्य में सबसे ठंडा बहराइच रहा जहां न्यूनतम तापमान पांच दशमलव चार डिग्री सेल्सियम दर्ज किया गया मौसम विमाग के अनुसार प्रदेश में अभी शीतलहर जारी रहेगी उधर बस्ती जनपद में ठंड और गलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों समेत सभी रिक्षण संस्थाओं में चौबीस दिसम्बर तक अवकाश घोषित किया है कुशीनगर जिले के फाजिलनगर में चल रही कारगिल शहीद मेजर अमिय त्रिपाठी पन्द्रहवीं अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में आज हरी सिंह क्रिकेट क्लब दिल्ली की टीम ने मेजबान आजाद स्पोर्ट्स फाजिलनगर की टीम को सत्तावन रन से हराकर प्रतियोगिता जीत ली मुख्य अतिथि कर्नल हर्षवर्धन दवे ने विजेता टीम को एक लाख पच्चीस हजार रुपये नकद एवं ट्रॉफी तथा उप विजेता टीम को पचहत्तर हजार रुपये नकद एवं ट्रॉफी प्रदान की